प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी ऑनलाईन फिट इंडिया संवाद के दौरान तंदरूस्ती को बढ़ावा देने वाले विभिन्न हस्तियों और आम लोगों से आज बातचीत की

इन श्रेणियों में विश्वविद्यालय एनएसएस इकाइयां और कार्यक्रम अधिकारी तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक शामिल हैं

उन्होंने सेवा के क्षेत्र में बेटियों की बढ़ती भागीदारी की सराहना की समारोह में केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजुजू भी मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में श्रम सुधार विधेयकों के पारित होने की सराहना की है श्री मोदी ने कहा कि काफी समय से लंबित और बहप्रतीक्षित श्रम सुधारों को संसद ने पारित कर दिया है ये सुधार औद्योगिक श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक विकास तेज करेंगे ये सुधार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के भी शानदार उदाहरण हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि नई श्रम संहिता न्यूनतम वेतन और मजदूरी के समय पर भुगतान को सर्वव्यापी बनाती है और कामगारो की पेशेगत सुरक्षा को प्राथमिकता देती है श्री मोदी ने कहा कि ये विधेयक भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं और इनसे उद्यमों को सशक्त बनाया जाएगा तथा लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज खत्म किए जाएंगे संसद ने कल श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर किए राज्यसभा ने इन विधेयकों को कल स्वीकृति दी जबकि लोकसभा ने इन्हें मंगलवार को पारित कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान तंदुरुस्ती को बढावा देने वाली विभिन्नो हस्तियों और आम लोगों से आज बातचीत की यह संवाद फिट इंडिया आंदोलन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया इस दौरान प्रतिभागी तंदुरूस्ती तथा स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में तंदुरूस्ती के अपने सफर के अनुभव और उपायों की जानकारी दी

वहीं मृतकों का आंकड़ा छह सौ अड़तालीस हो गया है अब तक उन्नीस लाख से अधिक सैंपल कलेक्ट किये गये है जिनमें अठारह लाख छियासी हजार आठ सौ तेरह सैंपल की जांच की जा चुकी है

देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है

विश्वभर में भारत में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर सर्वाधिक है

मृत्यु दर कम होकर एक दशमलव पांच नौ प्रतिशत पर आ गई है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

नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ के के सेन चर्चा में भाग लेंगे

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्यों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए अधिक धन मिल सकेगा कल छह राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यषसभा में दो कृषि विधेयकों को पारित कराए जाने के दौरान विरोध करने के बाद मॉनसन सत्र का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी सांसदों की आलोचना की है उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की राजनीति दिशाहीन हो गई है और सदन में उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया वह निंदनीय है श्री जावड़ेकर ने स्पंष्ट किया कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मुल्य समाप्त नहीं किया जा रहा है और कृषि उपज मंडी समितियां भी काम करती रहेंगी उन्होंने कल श्रम संहिता विधेयकों को पारित कराए जाने के दौरान चर्चा में शामिल नहीं होने पर भी विपक्ष की आलोचना की

उन्होंने बताया कि आवेदन को जिला आपूर्ति कार्यालय अनुमंडल कार्यालय प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के अलावा पंचायत स्तर पर भी जमा किया जा सकता है लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अंतिम प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी जिसमें आदिम जनजाति परिवार विधवा परित्यक्ता ट्रांसजेंडर चालीस फीसदी या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति कैंसर एड्स कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति अकेले रहने वाले वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति एकल परिवार अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दी जाएगी

राज्य में साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए डीजीपी एमवी राव ने सभी जिलों के एसपी और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के साथ वर्चअल बैठक की इसमें सभी जिलों की रिपोर्ट के साथ बढ़ते साइबर अपराध की समीक्षा की गई साथ ही कई अहम निर्देश दिये गए

पाक्ड़ जिले में नगर विकास विभाग मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत सौ दिनों का रोजगार शहरी क्षेत्र में ही अकुशल श्रमिकों को मुहैया कराएगा इस दिशा में नगर परिषद क्षेत्र में मजदूरों का जॉब कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है

खूंटी जिला के कर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने लुटपाट करते चार युवकों को गिरफ्तार किया है